उन्होंने कहा कि देश में तीस से अधिक वैक्सीन विकसित की जा रही है और इनमें से तीन अग्रिम चरण में है उन्होंने कहा कि वैक्सीन आपूर्ति की समुचित व्यवस्था के लिए भी काम किया जा रहा है प्रधानमंत्री कल शाम ग्रैंड चैलेंजेस वार्षिक बैठक के उद्घाटन समारोह को वीडियो कांफ्रेंस से संबोधित कर रहे थे श्री मोदी ने कहा कि रोग प्रतिरक्षण सुनिश्चित करने में डिजिटल स्वास्थ्य आईडी के साथ इस डिजिटल नेटवर्क का उपयोग किया जाएगा उन्होंने कहा कि भारत जन सहयोग से कोविड मृत्यु दर काफी नीचे रखने में सफल रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रतिदिन संक्रमण की संख्या में लगातार कमी आ रही है

ऐसा आरंभ में ही लॉकडाउन लागू करने से संभव हो सका है उन्होंने कहा कि भारत मास्क के उपयोग को बढ़ावा देने वाले पहले देशों में है और समय से संक्रमण के स्रोत का पता लगाने का भी प्रभावी प्रयास किया गया है उन्होंने कहा कि भारत में रैपिड एंटीजन टेस्ट जल्दी शुरू किया गया और क्रिसपर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी की दिशा में भी प्रयास किया गया

वहीं पांच लोगों को संकमण से मुक्त होने के बाद अस्पताल से छट्टी दे दी गई

जन आंदोलन कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किये गये जन आंदोलन को व्यापक समर्थन मिल रहा है और समाज में जागरूकता के लिए प्रयास तेज हो गये है

कई जगह बादल छाये रहे और ब्रंदा बांदी भी हई जिससे मौसम सुहाना हो गया और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली भोपाल में लेकिन शाम होते होते बादल घिर आये और रात में गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई

प्रदेश के शेष जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना

आज दबई में किंग्स इलेवन पंजाब का मुकाबला डेल्ही कैपिटल्स से होगा

नमस्कार